सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है यह परीक्षा चार मई से शुरू होना थी शिक्षा मंत्रालय ने बैठक के बाद यह निर्णय लिया है दसवीं बोर्ड की परीक्षा जो एक मई से होनी थी उन्हें रदद किये जाने का समाचार है

कलेक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं इस दौरान सभी इमरजेंसी और आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त होंगी

यह संख्या एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है

कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग बाबा साहेब को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहे हैं कोरोना संक्रमण के कारण बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आंबेडकर जयंती महोत्सव विगत वर्ष की तरह इस बार भी स्थगित कर दिया गया है इस दिन डॉ आंबेडकर के अनुयायी वर्चुअल दर्शन और धम्म पूजन कर सकेंगे गौरतलब है कि इस महोत्सव में महाराष्ट्र सहित देष के अनेक राज्यों से लाखों की संख्या में उनके अनुयायी षामिल होते हैं इंदौर षहर में बाबा साहेब के अनुयायी गीता भवन पर स्थित डॉ आंबेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यापर्ण का कार्यक्रम है भारतरत्न बाबा साहब भीमराव आंबेडकर समाज संगठन ने इस अवसर पर बजरंग नगर क्षेत्र में नए वाचनालय की स्थापना के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया है दमोह प्रचार मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार और जनसंपर्क तेज होता जा रहा है चुनाव प्रचार का शोर कल थम जाएगा उससे पहले आज भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रोड शो में दमखम दिखा रहे हैं वही शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रैली निकालकर रोड शो करेंगे प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम क्षणों में है

इन कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रह सकेगा

लोगों ने अपने घरों में कलश स्थापित किए हैं

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार